अगले दो से तीन दिनों में तापमान में और गिरावट की सम्भावना पटना स्थित निगरानी की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के शौचालय घोटाला मामले में जल संसाधन विभाग के एक कार्यपालक अभियंता समेत पच्चीस लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है इन लोगों पर स्वच्छ भारत अभियान की चौदह करोड़ रूपये से अधिक की राशि के गबन का आरोप है आरोपितों में पीएचईडी जल संसाधन विभाग और बैंक कर्मचारियों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं के संचालक शामिल हैं आरोप है कि इन सभी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं की राशि स्वयंसेवी संस्थाओं के खाते में हस्तांतरन कर घोटाले को अंजाम दिया केन्द्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए खुदरा और थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की अधिकतम भंडारण सीमा घटा दी है ख़दरा विक्रेताओं के लिए अधिकतम सीमा दस टन से घटाकर पांच टन और थोक विक्रेताओं के लिए पचास टन से घटाकर पच्चीस टन कर दी गई है इसका उद्देश्य खुले बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना है प्रदेश के सभी निजी संस्थानों में अब दिव्यांगों की पांच प्रतिशत नियुक्ति अनिवार्य हो गयी है राज्य सरकार के आदेश के अनुसार वैसे सभी निजी संस्थान जिसमें बीस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें पांच प्रतिशत दिव्यांगजनों को नियुक्त करना होगा साथ ही उनकों सामान्य व्यक्तियों की तरह सुविधाएं प्रदान करनी होगी निजी संस्थानों में कम्पनी फर्म सहकारी या अन्य सोसाईटी संगम न्यास अभिकरण संस्था संगठन संघ और कारखाना सभी शामिल हैं पटना और बेगूसराय को जोड़ने वाले राजेन्द्र सेतु पर छोटे बड़े सभी तरह के मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है पुल के दोनों छोर पर यह आदेश लागू हो गया है एनएचएआई और रेलवे ने राजेन्द्र सेतु की जर्जर स्थिति को देखते हये वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की सिफारिश की थी इस पूल पर अब बड़ी बसें भी नहीं चलेंगी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने यह जानकारी देते हुये बताया कि दो पहिया तीन पहहिया और केवल छोटे चारपहिया वाहनों को पूल से आने जाने की अनुमति दी गयी है लखीसराय से आने वाले बड़े वाहनों को अब विक्रमशिला सेतु से होकर आना जाना होगा झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत छह अन्य की सजा बढ़ाने संबंधी सीबीआई की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता और राजेश कुमार की खंडपीठ ने प्रतिवादियों की ओर से इस मामले में दायर जवाब को खारिज करते हुये सीबीआई की याचिका को सुनवाई के योग्य पाया प्रदेश के दो लाख चौंसठ हजार श्रमिकों के खाते में चिकित्सा सहायता मद की एक सौ बारह करोड़ रुपये की राशि भेज दी गयी है पटना में आयोजित एक समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये राशि हस्तांतरित की इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लाभार्थियों की प्रीमियम राशि पांच साल तक सरकार जमा करेगी उन्होंने बताया कि अटल पेंशन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना से अब तक दो करोड़ नब्बे लाख लोग लाभान्वित हुए हैं पटना उच्च न्यायालय ने पटना गया रोड की जर्जर हालत और फल्गू नदी में प्रद्षण को लेकर कड़ा रूख अपनाया है न्यायालय ने इस संबंध में दायर लोक हित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये पथ निर्माण जल संसाधन और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव को तलब करते हुये इस पर जवाब मांगा है

मामले की अगली सुनवाई दस दिसम्बर को होगी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ गयी है पछ्आ हवा चलने के कारण राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है अगले एक दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में प्रतिदिन एक से दो डिग्री सेल्सियस की और कमी दर्ज की जायेगी यानी रात को ठंड और बढ़ेगी वहीं सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा जिससे दृश्यता घटेगी पूर्व मध्य रेलवे ने सम्भावित कोहरे से निपटने के लिए विशेष उपाय किये हैं मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सिग्नलों की दृश्यता बढ़ाने के लिए रेल ईंजनों में फॉग सेफ डिवाइस लगायी गयी है साथ ही सभी लोको पायलटों को निर्देश दिया गया है कि कुहासा होने पर गाड़ियों को पचहत्तर किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक गति से न चलायें केन्द्र सरकार में ग्रप बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए अब एकल परीक्षा का आयोजन किया जायेगा कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों राज्य सरकारों और उम्मीदवारों से सुझाव मांगे गये हैं श्री सिंह ने कहा कि इस पहल से युवाओं को परीक्षा देने का समान अवसर मिलेगा और यह काफी किफायती भी होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये हैं इच्छुक अभ्यर्थी कल से बोर्ड की वेबसाईट पर आवेदन कर सकते होंने प्रदेश के उनसठ किसानों पर खेतों में फसल अवशेष जलाने को लेकर कार्रवाई की गयी है कृषि विभाग के अनुसार इन किसानों को अब तीन वर्षों तक किसी भी विभागीय योजना का लाभ नहीं मिलेगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भागलपुर से मोकामा तक ड्रोन से फसल सर्वे किया जायेगा ड्रोन के जरिये बीमारियों और कीड़ों की पहचान तथा इलाज कर फसलों का उत्पादन बढ़ाया जायेगा इस प्रोजेक्ट के मुख्य अन्वेषक डॉक्टर श्रीनिवास राघवन ने बताया कि इस योजना के तहत चना मक्का मसूर और धान पर काम किया जायेगा सूपौल जिले में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मंगल बाजार में अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मारकर पांच लाख रुपये लूट लिये

नालंदा में अपराधियों ने एक पति पत्नी और उनके दो साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी तीनों का शव जिले के मसीयाडीह गांव के पास पईन में अलग अलग स्थानों से बरामद किया गया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है राज्य में तीन लाख कुओं से अतिक्रमण हटाये जायेंगे दैनिक जागरण ने भारत के चन्द्रयान टू के साथ भेजे गये लैंडर विक्रम के मलबे का पता लगने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर की सुर्खी है तीन साल में बीस करोड़ से की थी राजेन्द्र पुल की मरम्मत तीन साल में ही बेदम प्रभात खबर ने एसपीजी कानून में संशोधन संबंधी विधेयक के संसद से पास होने की खबर को प्रमुखता देत हुये लिखा है स्टेटस सिम्बल नहीं हो सकती सुरक्षा राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है लालू ग्यारहवीं बार निर्विरोध चुने गये राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दैनिक आज की सुर्खी है एक जून से एक देश एक राशन कार्ड स्कीम होगी लागू

अगले दो से तीन दिनों में तापमान में और गिरावट की सम्भावना